ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए की उन्होंने स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों से लगातार संपर्क रखने का आग्रह किया ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े मुख्यमत्री ने शहरी क्षेत्रों में कोरोना महामारी के तेजी से फैलने पर चिंता जताई और कहा कि इसे रोकने के लिए रणनीति तैयार करना जरूरी है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर मुख्यमंत्री से राज्य वन निगम के माध्यम से कोरोना मृतकों के अन्तिम संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी प्रदान करने का आग्रह किया अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से लड़ाई के लिए वह निजी तौर पर मेडिकल उपकरण भेज रहे हैं ताकि इस लड़ाई में संसाधनों की कोई कमी न रहे अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कांगड़ा मंडी बिलासपुर हमीरपुर और ऊना में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित करने के साथ साथ तीन पीएसए ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगवाने का निर्णय लिया है इससे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी पांचों जिलों को लाभ पहुंचेगा अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह संसदीय क्षेत्र के सभी जिला प्रशासनों के साथ नियमित सम्पर्क में है गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कोरोना महामारी के गांव में दस्तक देने पर चिंता जताई है उन्होंने आज मनाली में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पिछले साल तक अधिकांश गांव सुरक्षित थे लेकिन इस बार स्थिति इसके विपरीत है गोविंद ठाकुर ने लोगों से किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों और भीड़भाड़ से बचने की अपील की उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के समारोहों पर कड़ी नज़र रखने और लोगों को जागरूक करने को भी कहा ताकि इस बीमारी का और अधिक प्रसार रोका जा सके उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना कफ्यू प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने में मददगार साबित होगा राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लिखे पत्र में बिलासपुर में बने एम्स को कोविड अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करने की मांग की है उन्होंने कहा कि यदि इस अस्पताल को कोविड केयर अस्पताल बनाया जाता है तो खासकर बिलासपुर के लोगों को काफी फायदा होगा उन्होंने नड्डा और भाजपा से राजनीतिक मैनेजमेंट छोड़कर कांग्रेस की तर्ज पर कोरोना से निपटने में जुट जाने का भी आग्रह किया है राठौर ने इस बात पर खेद जताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के पूरे चरम पर होने के बावजूद नड्डा एक बार भी प्रदेश की जनता का हालचाल पूछने नही आये शुभकामनाएं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भगवान परशुराम सभी को अपना आशीर्वाद दें और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करें मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम के आदर्श सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे उन्होंने भगवान परशुराम की जयंती के पावन अवसर पर सभी के बेहतर स्वास्थ्य जीवन में ऊर्जा और खुशहाली की कामना की सत्ती राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में कोरोना रोगियों के ईलाज की अनुमति देने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर कोरोना रोगियों का दबाव कम होगा

परामर्श विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए विदेश मंत्रालय ने जरूरी परामर्श जारी किया है परामर्श के अनुसार ऐसे लोग विदेश में नौकरी पाने के लिए केवल विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही जाएं हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जिले से विदेश जाने के इच्छुक श्रमिक फर्जी एजेंटों के माध्यम से विदेशों मे काम पाने से बचें ताकि किसी भी संकट से बचा जा सके